ये प्रस्कार राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन के समापन सत्र में प्रदान किए गए हरियाणा को सर्वोश्रेष्ठ राज्य का खिताब दिया गया जबकि महाराष्ट्र के सतारा जिले को स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण दो हजार अटठारह की रैंकिंग में सबसे अच्छे जिले का स्थान मिला उत्तरप्रदेश को पेयजल और स्वच्छता के क्षेत्र में सर्वाधिक जनभागीदारी के लिए प्रस्कृत किया गया बाद में केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्री उमा भारती ने शीर्ष स्थान पाने वाले देश के तीन राज्यों और जिलों को प्रवासी भारतीय केंद्र में पुरस्कार प्रदान किए पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने एक स्वतंत्रता सर्वेक्षण एजेंसी के माध्यम से मात्रात्मक और गुणात्मक स्वच्छता माणकों के आधार पर भारत के सभी जिलों की रैंकिंग तय करने के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण दो हजार अट्ठारह की शुरुआत की थी रैंकिंग तय करने के लिए स्कूलों आगंनवाड़ी पीएचसीहाटबाजार और पंचायतों जैसे सार्वजनिक स्थलों और स्वच्छता के प्रति लोगों की धारणा तथा एस बी एम जी आई एम आई एस की ओर से कार्यक्रम और डेटा सुधार के लिए दिए गए सुझावों को आधार बनाया गया था स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के तहत पूरे भारत में छह सौ पच्चासी जिलों के छह हजार सात सौ छियासी गांवों को शामिल किया गया था वही स्वच्छ संर्वेक्षण ग्रामीण दो हजार अट्ठारह के तहत तवांग जिले को पूर्वोत्तर भारत के स्वच्छ जिले के रुप में चूना गया स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत जन अभियांत्रिकी एवं जल आपूर्ति विभाग मिशन निदेशक सेनतुम योमचा को यह पुरस्कार प्रदान किया गया किसानों की आमदनी में उल्लेखनीय वृद्धि सुनिश्चित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति ने दो हजार अट्ठारह उन्नीस सीजन की सभी रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों एम एस पी में बढ़ोत्तरी को मंजूरी दे दी है इन फसलों का विपणन दो हजार उन्नीस बीस सीजन में होगा इस किसान अनुकूल पहल से किसानों को बासठ बहार छह सौ पैतीस करोड़ रुपए का अतिरिक्त रिटर्न मिलेगा इस पहल के तहत अधिसूचित फसलों की एम एस पी बढ़ते हुए उत्पादन लागत पर कम से कम पचास प्रतिशत रिटर्न सुनिश्चित किया गया है और इससे किसानों की आयु दोगुनी करने में मदद मिलेगी गेहुं की एम एस पी में प्रति क्विंटल एक सौ पांच रुपये कुसुम की एम एस पी में प्रति क्विंटल आठ सौ पैतालीस रुपये जौ की एम एस पी में प्रति क्विंटल तीस रुपये मसूर की एम एस पी में प्रति क्विंटल दो सौ पच्चीस रुपये चने की एम एस पी में प्रति क्विंटल दो सौ बीस रुपये तथा रेपसीड एवं सरसों की एम एस पी में प्रति क्विंटल दो सौ रुपये की वृद्धि की गई है जो इस दिशा में एक और प्रमुख कदम है केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के मूल्य में प्रति लीटर ढाई रुपए की कटौती करने की घोषणा की है इसमें से प्रति लीटर एक रुपये तेल कंपनियां वहन करेगी केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि सरकार ने तेल कंपनियों को बॉन्ड जारी कर दस अरब डॉलर की प्रंजी जुटाने की अनुमति दे दि है उन्होंने कहा कि कच्चे तेल की कीमत और अमरीका के घरेलू घटनाक्रम ने विश्वभर की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है श्री जेटली ने कहा कि देश में मुद्रास्फीति की दर अभी भी चार प्रतिशत से नीचे है भारत के घरेलू संकेतक काफी मजबूत और स्थिर हैं